भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको और गैर वितीय संस्थाओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाने के लिये ऐप्लीकेशन शरू की

म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के बहत से नेता पार्टी में आने को तैयार है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सभी के लिये घर का सपना साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी जिसमें करोडों लोगों की आकांशाओं की पंख लगेगे एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने चार पहले देश में शहरी परिदृश्य को बदलने के उददेश्य से महत्वपूर्ण पहलों की श्रूआत की थी जिसमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना स्मार्ट सिटी मिशन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिश्ना यानि अमरूत योजना शामिल है उन्होंने कहा कि इन पहलों से न केवल शहरी के नये दौर में प्रवेश करने में मदद मिली है बल्कि करोड़ो लोगों के जीवन में बदलाव आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन पहलों में रिकार्ड निवेश गति प्रौदयोगिकी का उपायोग एवं सार्वजनिक भागीदारी देखी गई है उन्होंने कहा कि सरकार शहरी ब्नियादी ांचे को बेहतर बनाने के लिये प्रतिबद्व है भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के समय पर निपटान को ध्यान में रखते हये बैंको ओर गौ बैकिंग वितीय संस्थाओं के खिलाफ शिकायते दर्ज करने के लिये अपनी वेबसाइटपर एक ऐप्लीकेशन श्रू की है आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने शिकायत प्रबंधन प्रणाली नाम सोफ्टवेयर ऐप्लीकेशन का श्भारंभ करते हये कहा कि इसका उद्देश्य आरबीआई की शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाना है

अगर उचित हो तो लोकपाल के निर्णयों के खिलाफ ऑन लाइन अपील दायर करता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक टिवीट संदेश में कहा कि देश उन सभी महान लोगों को नमन करता है जिन्होंने निडर होकर पूरी शक्ति से आपातकाल का विरोध किया उन्होंने कहा कि तानाशाही सोच देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से हार गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपातकाल की घोषणा एवं उसके बाद की घटनायें भारत के इतिहास का काला अध्याय है उन्होंने कहा कि इस दिन देश के लोगों को हमेशा हमारे संसथानों और संविधान की अखंडता को बनाये रखने के महत्व को याद रखना चाहिए

एक टिवीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह स्वतंत्र भारत में केवल एक बार ही हआ है कि पांच वर्षो बाद चुनाव नहीं हये और उनहें स्थगित कर दिया गया था ऐसा कांग्रेस द्वारा आपातकाल के दौराना किया गया

हमारे संवाददाता ने बताया कि परमिंदर सिंह प्ल ज्लाना से और जाकिर हसैन नूंह से विधायक है जबकि धर्मपाल मकडौली रोहतक में जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके है आज चंडीगढ़ में इन विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिलहोन के मौके पर आयोजित एक पत्रकारवार्ता में म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और इन नेताओं को पार्टी में प्रा मान सम्मान दिया जायेगा मौके पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्भाष बराला ने कहा कि वरिष्ठ लोग पार्टी में शामिल हो रहे है उन्होंने कहा कि म्ख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने जनता का दिल जीता है सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ मेरिट के आधार पर रोज़गार दिया गया है उन्होंने कहा कि श्रीजाकिर हसैन श्री ल और धर्मपाल मकडौली के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिली है उन्होंने कहा कि और भी कई नेता शीघ्र बीजेपी में शामिल होने जा रहे है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में बहत से नेता भारतीय जनता पार्टी मे आने के लिये तैयार है और उन्होंने वर्तमान विधानसभाके पांच विधायक पार्टी में शामिल हो च्के है म्ख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे

चार सीटों में से हरियाणा की दो लोकसभा सीटें शामिल हैं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक के बाद एक बड़ी सफलतायें हासिल की है

पत्रकारों के गुरमीत राम रहीम की पेरोल अर्जी पर पूछा प्रश्न का उत्तर देते हये श्री मनोहर लाल ने कहा कि पेरोल मांगाने का सबका अधिकार है उन्होंने कहा कि यह मामला अभी उपाय्क्त और प्लिस अधीक्षक के स्तर पर है उसके बाद देखा जायेगा कि डिवीज़नल कमीशनर इसके बारे मे क्या कहते है सरकार की मंशा पर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर किसी स्तर पर सरकार की कोई भूमिका ह्ई तो सरकार अपना काम करेगी उन्होंने कहा कि अदालत सारे माले पर नज़र रख रही है फिलहाल सरकार की कोई भूमिका नहीं है

संशोधन के अन्सार कोई भी प्लिस अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा या सरकार की ओर से अधिकृत कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का अन्पालन स्निश्चित करने या इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्पालन होने बारे स्वयं को संत्ष्ट करने के मददेनजर ऐसे किसी भी वाहन में प्रवेश कर सकता है रोक सकता है या जांच कर सकता है जिनका गायों या गोमांस के निर्यात के लिए उपयोग किया जाना है या उपयोग किया जा सकता है